भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनैतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत विभिन्न स्थानों पर स्टार प्रचारकों की चुनाव सभा और रोड शो जारी

उत्तर प्रदेश में पंद्रह राजस्थान में बारह मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सात सात बिहार में पांच झारखंड में चार और जम्मू कश्मीर में एक सीट के लिए मतदान होगा

इनमें श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंन सीकर जयपुर ग्रामीण जयपुर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर संसदीय क्षेत्र शामिल हैं

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है

अभिनेता सनी देओल सूरतगढ चूरू और झुंझुनूं तथा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रोड शो करेंगे केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीकानेर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जनराम मेघवाल के पक्ष में रोड़ शो करेंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र में रोड शो करेंगी केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज श्रीगंगानगर और बीकानेर संसदीय क्षेत्र में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी श्रीमहावीर जी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे

उन्होंने बताया कि इस अवधि में राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने जुलूस निकालने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में भारत के हक का पानी पाकिस्तान जाता रहा लेकिन राजस्थान और बीकानेर एक एक बूंद के लिये तरसते रहे

वहीं किसान युवा तथा महिलाओं की अनदेखी की है श्री गांधी ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस चूनाव में बेरोजगारी सबसे बडा मुददा है

वहीं न्याय योजना अर्थव्यवस्था को बहाल करेगी उन्होंने प्रधानमंत्री को राफैल मामले पर भी घेरा

देश में बेरोजगारी और किसानों का बडा मुद्दा है उन्होंने कहा कि सेना के शोर्य के पीछे मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है

कल जयपुर में विजय संकल्प संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री अब विश्व का एजेंडा निर्धारित करने वाले नेता बन गए हैं उन्होंने कहा कि विश्व में योग की गूंज भी प्रधानमंत्री की ही देन है

श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत सरकार ने विदेशों में फंसे सवा दो लाख लोगों को वापस लाने में सफलता हासिल की है

नई दिल्ली में पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस ने आयोग से मतगणना के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुल वोटिंग मशीनों और मतदान केन्द्रों सहित प्रत्येक ईवीएम का विवरण भी देने का अनुरोध किया है खराब ईवीएम की जगह इस्तेमाल नई ईवीएम का भी ब्यौरा मांगा गया है ताकि उनका मिलान किया जा सके

निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला परिषद बाडमेर में निर्धारित किया गया है

राजस्थान रॉयल्स के लिये यह करो या मरो का मैच है जिसमें वह अपनी आखिरी उम्मीद के लिये खेलेगी राजस्थान रॉयल्स का पिछला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू के साथ डॉ हो गया था टीम को कप्तान स्टीवन स्मिथ की भी कमी खलेगी जो ऑस्ट्रेलिया लौट गये है उनकी जगह एक बार फिर अजिंक्या रहाणे टीम की कमान संभालेंगे

इससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है दौसा जिले में कल तेज हवाएं चलने से कई जगहों पर टीन टप्पर उड़ गए वहीं ग्रामीण इलाकों में कई पेड़ गिरने की सूचना है